राजधानी रांची में हवाला कारोबार के आरोपियों के कई ठिकानों पर हई छापेमारी व्यवसायियों के ठिकानों से नोट गिनने वाली मशीन बरामद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

लोहरदगा में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान आईईडी बम ब्लास्ट में एक जवान शहीद हो गया शहीद जवान के पार्थिव शरीर को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स ले जाया गया है घायल जवान को गंभीर स्थिति में भारतीय वायु सेना के हेलीकॉप्टर की मदद से रांची लाया गया था लेकिन रांची के मेडिका अस्पताल में इलाज से पहले ही उसकी मौत हो गई

इसके बाद गंभीर अवस्था में उन्हें हेलीकॉप्टर से रांची लाया गया रांची के मेडिका अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली

केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री रामदास अठावले ने कहा है कि केन्द्र की मोदी सरकार समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिये काम कर रही है

समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक के बाद रांची में संवाददाताओं को सम्बोधित करते हुए श्री अठावले ने झारखंड में केन्द्रीय योजनाओं के तहत प्रधानमंत्री जनधन खाते और प्रधानमंत्री आवास योजना की उपलब्धियों के बारे में बताया

केन्द्रीय राज्यमंत्री श्री अठावले आज रामगढ़ और रांची के दौरे पर आये हए थे झारखंड सरकार की कृषि ऋण माफी योजना को लेकर पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन ने जागरूकता रथ को उपविकास आयुक्त परमेश्वर भगत और अपर उपायुक्त प्रदीप प्रसाद ने झंडी दिखाकर रवाना किया उपविकास आयुक्त ने कहा है कि कृषि ऋण माफी योजना का लाभ ऐसे परिवार को भी मिलेगा जिनके यहां बैंक से ऋण लेने वाले किसान की मौत हो गई है उन्होने कहा है कि योग्य किसानों तक कृषि ऋण माफी योजना की जानकारी पहुंचे इसलिए जनजागरूकता रथ को व्यापक प्रचार प्रसार के लिए रवाना किया गया है जिला कृषि पदाधिकारी मिथिलेश कालिंदी ने कहा है कि इस योजना में वैसे किसानों को लाभ मिलेगा जिनका पिछले कई वर्षो में मानसून की अनियमित स्थिति सुखाड़ ओलावृष्टि एवं अन्य प्राकृतिक आपदा के कारण फसल का नुकसान हुआ है किसानों की आय में कमी फसल ऋण चुकाने में असमर्थता एवं नई फसल ऋण के लिए अयोग्य होने के कारण राज्य सरकार ने कृषि ऋण माफी योजना का शुभारंभ किया है

कोरोना महामारी के दौरान कोविड ड्यूटी में लगे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को एक महीने का अतिरिक्त वेतन देने की मांग झारखंड राज्य चिकित्सा एवं जन कर्मचारी संघ ने की है संघ ने इस संबंध में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री सहित विभागीय अधिकारियों को पत्र भेजकर इस मांग पर आवश्यक पहल करने की मांग की है संघ की ओर से संजू कुमार सहाय ने कहा है कि कोरोना महामारी में स्वास्थ्य कर्मचारियों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही है समाज सेवा में कई लोगों की जान भी चली गई सरकार ने स्वास्थ्य कर्मचारियों को दोगुना वेतन देने का आश्वासन भी दिया था लेकिन अब तक कर्मचारियों को क्छ भी नहीं मिला है

ताकि कर्मचारियों का मनोबल बना रहे संघ ने धनबाद में कोरोना ड्यूटी के दौरान मारे गए स्वास्थ्य कर्मचारियों को मुआवजा देने की मांग भी सरकार से की है जिन लोगों की ड्यूटी के दौरान सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी उन्हें अभी तक मुआवजा नहीं मिला है

इसकी रूपरेखा राज्य और जिला स्तर पर तैयार की जा रही हैं

यह कार्यक्रम आज रात साढे नौ बजे एफएम गोल्ड चैनल और अतिरक्त मीटरों पर सुना जा सकता है

राजधानी रांची में हवाला कारोबार से जुड़े ठिकानों पर रांची पुलिस ने आज कार्रवाई की है एक साथ कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही है रांची के कोतवाली थाना क्षेत्र के गोपाल कॉम्प्लेक्स में एएसपी कोतवाली के नेतृत्व में छापेमारी चल रही है राजधानी रांची में हवाला कारोबार से जुड़े तार की जांच के लिए रांची पुलिस ने शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में एक साथ छापामारी की इसमें कोतवाली थाना क्षेत्र के अपर बाजार स्थित श्री सिद्धि कपड़े की द्वकान में छापामारी करते हुए कर्मचारियों से हवाला कारोबार को लेकर पृछताछ की है कोतवाली एएसपी के नेतत्व में टीम ने गोपॉल कॉम्प्लेक्स के पास एचपी चेंबर भवन के दुसरे तल्ले में प्रतीक जैन के ठिकाने पर भी छापामारी की है प्रतीक जैन के कार्यालय से मोटी रकम के लेन देन से जुड़े कई दस्तावेज मिले हैं उसके कार्यालय के अंदर से नोट गिनने वाली दो मशीन भी बरामद की गई है इसकी जांच भी रांची के कोतवाली थाना पुलिस कर रही है पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर सोनुआ मार्ग पर आज पुलिस ने माओवादियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है जिले के चक्रधरपुर सोनुआ मार्ग पर मार्ग पर माओवादियों द्वारा लगाए गए सिलेंडर बम को पुलिस में बरामद कर डिफ्यूज कर दिया गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने सर्च अभियान चलाया पुलिस की टीम चक्रधरपुर से सोनुआ जाने वाली सड़क पर सिलेंडर बम को बरामद किया बम की बरामदगी के बाद मार्ग पर आवाजाही बंद कर दी गई और इसके बाद बम निरोधक टीम के द्वारा इस बम को निष्क्रिय कर दिया गया पलामू जिले के हरिहरगंज स्थित एफसीआई के गोदाम से पीडीएस का खाद्यान्न चोरी मामले में पुलिस ने साल आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है हरिहरगंज के थाना प्रभारी पुलिस निरीक्षक सुदामा कुमार दास के नेतृत्व में कार्रवाई कर छह चोरों सहित सात को गिरफ्तार किया गया है

इन्हें एक व्यवसायी भी शामिल है व्यवसायी को चोरी का अनाज खरीदनेवाले के आरोप में गिरफ्तार किया गया है लातेहार जिले के चंदवा थाना क्षेत्र के एक लाइन होटल की आड़ में मादक पदार्थ डोडा के साथ पुलिस ने होटल संचालक समेत दो को गिरफ्तार किया है

इसी सूचना पर कार्रवाई करते हुए चंदवा पुलिस ने अवैध रूप से रखे गये डोडा बरामद किया है

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के पूर्व राज्यपाल एम रामा जोइस के निधन पर गहरा दःख व्यकत किया है मुख्यमंत्री ने कहा है कि उनके निधन से सामाजिक और कानूनी क्षेत्र में अपूरणीय क्षति हुई है वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉ रामेश्वर उरांव ने भी गहरा दुख एवं शोक प्रकट किया है उन्होंने कहा एम रामा जोइस के निधन से सामाजिक राजनीतिक एवं विधि के क्षेत्र में अप्रणीय क्षति हुई है

रनों के लिहाज से टीम इंडिया की इंग्लैंड पर सबसे बड़ी जीत है

दूसरी पारी में इंग्लैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही

राजधानी रांची सहित पूरे राज्य में मौसम ने करवट ली है

रांची सहित कई जिलों में हल्की बारिश भी हुई है

मुख्य रूप से रांची गुमला हजारीबाग बोकारो खूंटी रामगढ़ पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम जिले में हल्की बारिश हो रही हैं झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अमिताभ चौधरी ने बच्चों की शिक्षा के लिए काम कर रही एक संस्था को चालीस लाख रूपये की सहायता राशि दी है

देश में आज बसंत पंचमी और देवी सरस्वती की पूजा अर्चना धूमधाम से की जा रही है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस अवसर पर सभी देशवासियों और राज्यवासियों को बधाई दी है प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर देश भर में ज्ञान के प्रसार की कामना की

और अब चलते चलते प्रस्तुत है पंडित भीमसेन जोशी की सरस्वती वंदना